प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की बुआई सात प्रतिशत बढी

प्रदेशभर में आज मोहर्रम मनाया जा रहा है घरों में ही ताजिये रखकर की जा रही है इबादत राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में भारी बारिश का किया अलर्ट

श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कूछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशमर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश ँ की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम्स देश ँके समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण मेँ यह नया कीर्तिमान जांच निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना संक्रमित पाए गए है

वहीं प्रतापगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज लगातार तीसरे रविवार को विभिन्न व्यापारी संगठनों के आहवान पर कामकाज रखा गया

सवाई माधोप्र में भी लगातार तीसरे हफ्ते शनिवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रखा जा रहा है

श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर े रहे थे उन्होंने संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबंद्व अस्पतालों में हाईफलो ऑक्सीजन युक्त बैड और आईसीयू बैड की संख्या आगामी एक महीने में तीन से चार गुना बढ़ाने के निर्देश दिए है

यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में ॅअपने प्राणों का बलिदान दिया कोविड महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर ताजिया जुलूस नहीं निकाले गए लेकिन कर्बला के शहीदों की शहादत की याद में मजलिस और धार्भिक सभाए एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जा रही है झालावाड़ और सिरोही जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना के कारण लोगों ने घरों में ही छोटे ताजियों को रखकर इमाम हुसैन को याद किया अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में अंजुमन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केवल पासधारी खादिमों को शामिल होने की अनुमति दी गई

इस बीच मौसम विभाग ने अजमेर बांसवाड़ा भीलवाड़ा चित्तौडगढ डुंगरपुर दौसा राजसमंद सीकर सिरोही टोंक बाड़मेर पाली नागौर और जालौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है जालौर में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए है विभाग ने कल भी अलवर दौसा सीकर बाड़मेर चूरू नागौर जोधपुर और जालौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की चेतावनी दी है

श्री हृकम सिंह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे